सहायता लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे सभी झारखण्ड वासियों की सहायता के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है सरकार द्वारा अब तक विभिन्न जगहों पर फंसे लगभग पांच लाख मजदूरों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की गई है श्रम विभाग द्वारा जारी टॉल फी नंबर पर अब तक तैंतीस हजार एक सौ पचपन फोन आ चुके हैं जिनमें राज्य के बाहर लगभग नौ लाख पचास हजार लोगों के फंसे होने की सूचना है सरकार की ओर से सभी लोगों के संबध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है जिससे उन्हें मदद पहुंचाई जा सके सा न कोरोना देश में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या उनतीस हजार नौ सौ चौहतर हो गई है सात हजार छब्बीस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और बाईस हजार दस का उपचार चल रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि उपचार से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है

उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस संबंध में अध्ययन पूरा नहीं कर लेता प्लाज्मा थेरैपी का उपयोग केवल अनुसंधान या परीक्षण के लिए होना चाहिए उन्होंने कहा कि समुचित दिशा निर्देशों के तहत उचित ढंग से उपयोग न होने पर प्लाज्मा थेरैपी से जीवन को खतरा भी हो सकता है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

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश में ही एंटीबॉडी टेस्ट किट और आर टी पीसीआर टेस्ट किट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईसीएमआर ने बहत अच्छा कार्य किया है और जांच क्षमता बढ़ाई है गडकरी सरकार ने राज्यों की सीमाओं पर आवश्यक वस्तुओं के साथ फंसे ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है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 श्री गडकरी ने ट्रकों और मालवाहक वाहनों का आवागमन सुगम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो श्री गडकरी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों से ऐसे मामलों पर हस्तक्षेप करने और स्थानीय तथा जिला प्रशासन के जरिए समाधान तलाशने की अपील की उन्होंने कहा कि ट्रक चालकों और क्लीनरों को सुरक्षित दूरी रखने मास्क पहनने और सैनेटाइजर के इस्तेमाल जैसे दिशा निर्देशो का पालन करना चाहिए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 झारखंड कोरोना रांची के हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हई है इसके साथ ही झारखण्ड में कुल संक्रमितों की संख्या एक सौ पांच पहुंच गई है वहीं हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन के पालन के लिए कल सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है सीआरपीएफ के जवानों ने हिन्दपीढ़ी के इलाकों में फ्लैग मार्च किया

जिन विद्यार्थियों को मध्याहन भोजन उपलब्ध नहीं होगा उनको इसके बदले खादय सुरक्षा भता दिया जाएगा सरकार के इस निर्णय से कक्षा एक से आठंवी तक के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा इसे लेकर केन्द्र सरकार ने नौ सौ सनतावन करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेष पोखरियाल निषंक ने कल राज्यों के षिक्षा मंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखण्ड की ओर से षिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो और षिक्षा सचिव ए पी सिंह षामिल हुए

पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत दो हजार करोड़ रुपये से अधिक के कोविड दावों सहित चार हजार छह सौ चौरासी करोड़ रुपये वितरित किए गए

ऋ एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ संघर्ष में मदद के लिए भारत को डेढ़ अरब डॉलर की ऋण राशि मंजूर की है

इनमें बीमारी की रोकथाम के उपाय और गरीबों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों का सामाजिक संरक्षण शामिल है स्पेषल स्टोरी गोडडा गोडड़ा जिले में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है लेकिन प्रषासन की ओर से तैयारी को लेकर आवष्यक दिषा निर्देष दिए जा रहे हैं

रांची दमका कोल्हान और हजारीबाग रेंज के डीआईजी भी बदले गए हैं अखिलेष कुमार झा को रांची रेन्ज का डीआईजी बनाया गया है और पलामु रेंज के डीआईजी का भी प्रभार दिया गया है अमोल वीणुकान्त होमकर को हजारीबाग रेंज का डीआईजी जबकि नरेन्द्र कुमार सिंह को दुमका रेंज और राजीव रंजन सिंह को कोल्हान का डीआईजी बनाया गया है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

कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यु ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं

वहीं सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश प्रेषित करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है कोरोना संक्रमण पर नकेल कसने को लेकर चतरा जिला प्रशासन ने जिले में वाहन चेकिंग अभियान तेज करते हुए सभी सीमाओं को सील कर दिया है उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने कल चतरा हजारीबाग बॉर्डर पर निरीक्षण के दौरान सुरक्षाबलों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया

कांग्रेस के जिला पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि मानगो नगर निगम के सहयोग से दवा का छिड़काव किया जा रहा है